समारोह में वर्च्अल माध्यम से हरियाणा के म्ख्यमंत्री भी शामिल हये

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजय राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जानी मानी है राजमाता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हये श्री मोदी ने कहा कि विजय राजे सिंधिया का जीवन और कार्य गरीबों की आकांक्षाओं से जुड़े रहे है और उनका जीवन जन सेवा के लिए था उन्होंने कहा कि राजमाता सिंधिया ने अपनी जीवन देश के भविष्य को समर्पित कर दिया और वे उन शख्सियतों में थी जिन्होंने पिछली सदी में भारत को दिशा दिखाई और भारतीय राजनीति के प्रत्येक महत्वपूर्ण चरण की गवाह बनी विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन दिवस समारोह पर आयोजित इस कार्यक्रम में हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल वर्घ्अल माध्यम से ज्ड़े उनके अलावा अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी कार्यक्रम से ज्ड़कर श्रीमती सिंधिया को नमन किया श्री मनोहर लाल ने श्रीमती सिंधिया के जीवन का स्मरण करते हये कहा कि उन्होंने भारतीय राजनीति में महिला के नाते देश में एक आदर्श कायम किया

आज नई दिल्ली में पत्रकारों को संशोधित करते हुये वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कुछ नये प्रस्तावों का विवरण दिया

उन्होंने बताया कि एलटीसी नकदी वाउचर योजना का लाभू लेने वाले कर्मचारियों को एलटीसी छ्ट्टी के बराबर मिले वेतन के अलावा यात्रा भत्ते की अदायगी की तीन गुणा राशि का सामान और सेवायें खरीदने पर खर्च किये गये वस्त् सेवा कर वोल वाउचर जमा करवाने होंगे

हरियाणा के सहकारिता डा बनवारी लाल ने आज अधिकारियों को कोसली वावल व रेवाड़ी की अनाज मंडियों में टोकन की संख्या ब्ढ़ाने और बोलनी मं मंजूर हये केन्द्र में भी खरीद का कार्य श्रू करवाने के निर्देश दिये है इसके साथ साथ उन्होंने समय पर उठान सुनिश्चित करने को कहा है वे आज रेवाड़ी में विभिन्न विभागों की सीमक्षा बैठक कर रहे थे डॉ बनवारी लाल ने लोक निर्माण के अधिकारियों को मंजूर हो चुकी सड़कों पर भी शीघ्र कार्य श्रू करने को कहा है

मास्क पहनो रखो दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी जब तक दवाई नहीं तब तक शिलाई नहीं कोरोना वायरस से ख्द को और अपने आस पास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी समाजिक जिम्मेदारी भी है

इस मौके पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे म्ख्यमंत्री के साथ जिला लघ् सचिवालयों से ज्ड़े उपायुक्तों ने भी वर्च्अल माध्यम से शपथ ली

रोहतक में भी उपायुक्त कैप्टन मनोज प्लिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारियों ने कोविड उचित व्यवहार की अन्पालना की शपथ ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गये कोविड उचित व्यवहहार जन आंदोलन के आज हरियाणा प्लिस के भी सभी अधिकारियों और जवानों को मास्क व फेस कवर पहनने दो गज की दूरी बनाकर रखने और नियमित साब्ल और पानी से हाथ धोने की शपथ दिलाई गई

हरियाणा में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर बच्चों व महिलाओं को एल्बेंडाज़ोल की गोली खिलाकर राष्ट्रीय कुमि मुक्त अभियान की श्रूआत की गई

गर्भवती महिलाओं को यह गोली नहीं दी जा रही अन्य महिलायें और बच्चे चाहे तो नज़दीकी स्वास्थ्य केन्द्र या आंगनवाड़ी केन्द्रों से यह गोलियां प्राप्त कर सकते है हिन्दोस्तान समाचार के अन्सार जींद के विधायक डॉ कृष्ण लाल मिड्डा ने इस अभियान की श्रूआत की

सिरसा में सिविल सर्जन डा कृष्ण क्रार ने नागरिक अस्प्ताल की बच्चों की ओपीडी में इस अभियान की शुरूआत की